सभी जिलों के शॉपिंग मॉल किये गये बंद और देश में कोरोना के एक सौ इक्यावन मरीजों में से चौदह पूरी तरह स्वस्थ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे अपने संबोधन में श्री मोदी कोरोना वायरस से उत्पन्न हालात के साथ ही इस संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों के बारे में देशवासियों को जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड नाईनटीन के मद्देनजर चल रही दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इन परीक्षाओं का कार्यक्रम इकतीस मार्च के बाद घोषित किया जाएगा हालांकि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इगजामिनेशन की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी स्वायत्त संगठनों को कोरोना वायरस के मद्देनजर सभी परीक्षाएं इकतीस मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया है इनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं मंत्रालय ने मूल्याकन के सभी कार्य भी इकतीस मार्च के बाद तय करने के निर्देश दिए हैं मंत्रालय ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की तारीखों में भी परिवर्तन का निर्देश दिया है ताकि ये परीक्षाएं सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड परीक्षाओं के दिन ही न आयोजित की जाएं जेईई मुख्य परीक्षा की तारीख स्थिति के आकलन के बाद तय की जाएगी बिहार सरकार ने एक स्थान पर पचास से अधिक लोगों के एकत्र होने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है यह प्रावधान शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के शॉपिंग मॉल जिम स्विमिंग पुल थियेटर और स्पा सेंटर को इकतीस मार्च तक बंद कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख द्कानों होटलों में एक साथ दस से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गयी है उन्होंने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सूचना तीन घंटे के अंदर संबंधित जिले के सिविल सर्जन को दें देश भर में कोरोना के एक सौ इक्यावन मरीजों में से चौदह पूरी तरह से स्वस्थ हो गये हैं तीन लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देशभर में अभी एक सौ चौंतीस मरीजों का इलाज चल रहा है इधर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के सभी संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तीन सौ चौवन संदिग्धों की पहचान हुई है इनमें से एक सौ तेरह मरीजों को आईसोलेशन की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी है पटना में आज विदेशों से दो हजार लोग आ रहे हैं पटना हवाई अड्डे पर अब से थोड़ी देर बाद इनके आगमन का सिलसिला शुरू होगा जो देर रात तक चलेगा इनमें से अधिकतर खाड़ी देशों से लौट रहे हैं पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि सभी लौटने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी उन्होंने बताया कि तीन स्तर पर संदिग्ध मरीजों को रखने की व्यवस्था की गयी है इधर संक्रमण के मद्देनजर बड़ी संख्या में रेल और हवाई यात्रियों द्वारा टिकट रद्द करवाया जा रहा है दानापुर रेल मंडल में अब तक तैंतालीस हजार से अधिक टिकट रद्द करवाये जा चुके हैं पटना हाईकोर्ट में आज से सूचीबद्ध हुए जमानत संबंधी मामलों की सुनवाई वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है इसके लिए बारह न्यायाधीशों की एकलपीठ का गठन किया गया हाईकोर्ट प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो अधिवक्ता सुनवाई में नहीं रहेंगे उनका केस खारिज नहीं होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना वायरस से सु्रक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें

यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

आयुर्वेद में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए के कई आसान पद्धतियां और घरेलू उपाय हैं जिन्हे अमल में लाया जा सकता है राजकीय आयुर्वेद कालेज पटना के प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने आकाशवाणी को बताया कि पंचकोल काढा काफी कारगर होता है

यह एक प्रकार से टीकाकरण का काम करता है पटना में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों को संक्रमण मूक्त बनाने के लिए पटना नगर निगम की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है हमारे गया संवाददाता ने बताया है कि महाबोधि मंदिर को संक्रमण रहित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने बीस सदस्यीय टीम का गठन कर सफाई और जागरूकता चलाने के निर्देश दिये हैं बिहार में पहली बार पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस में लीवर ट्रांसप्लांट किया गया मुजफ्फरपुर के ब्रेन डेड मरीज रोहित कुमार के परिजनों द्वारा अंग दान के फैसले के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सात घंटे लंबे चले ऑपरेशन के बाद लीवर प्रत्यारोपण में सफलता पायी राज्य सरकार मैट्रिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य से अनुपस्थित रहने वाले तेईस हजार नौ सौ दस शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि ऐसे शिक्षकों पर आपराधिक केस दर्ज होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाईन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि उन्नीस मार्च से बढ़ाकर छब्बीस मार्च कर दी है वहीं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तेईस मार्च कर दी गयी है आपदा प्रबंधन विभाग ने वजपात की पूर्व चेतावनी देने के लिए इंद्रवज नामक मोबाईल एप की शुरूआत की है विभाग ने इसके लिए पटना सासाराम दरभंगा पूर्णिया खगड़िया और मोतिहारी में सेंसर की स्थापना की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे उपायों से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तानदैनिक जागरण और प्रभात खबर ने राज्य के सभी जिलों में इकतीस मार्च तक शॉपिंग मॉल जिम थियेटर और स्विमिंग पूल बंद रखने के आदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में राजसभा की पांच सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है

सभी जिलों के शॉपिंग मॉल किये गये बंद और देश में कोरोना के एक सौ इक्यावन मरीजों में से चौदह पूरी तरह स्वस्थ